इस तकनीक का प्रयोग करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य पंतनगर में अखिल भारतीय खरपतवार शोध प्रबंधन परियोजना की बैठक में खेतों में खरपतवार के प्रभावी नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें अतिरिक्त रोजगार से जोड़ने के लिए सिर्फ एक हजार रूपये में फ्रीजवाल गाय उपलब्ध कराई जाएगी सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हुए लाभार्थियों के लिए चमोली में आज सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया संचार सेवा प्रदेश के द्रस्थ क्षेत्रों में संचार सेवा उपलब्ध कराने के उददेश्य से आज देहरादून के आईटी पार्क में एरोस्टेट तकनीक बैलून को सफलतापूर्वक लांच किया गया उत्तराखण्ड देश को पहला राज्य है जहां मोबाइल नेटवर्क और इण्टरनेट सेवा के लिए इस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया गया है एरोस्टेट बैलून एक आकाशीय प्लेटफार्म है जिसे वातावरण में उपलब्ध गैस से भी हल्की गैस भरकर आसमान में ऊंचा उठाया जाता है बैलून को एक रस्सी की सहायता से जमीन से जोड़ा जाता है जिससे वह विभिन्न संयन्त्रों के साथ काफी समय के लिए बिना ईंधन के वायुमण्डल में लहराता है बैलून के न्यूनतम कंपन की गुणवत्ता के चलते इससे संचार आकाशीय निगरानी जलवायु निगरानी और इसी प्रकार के अन्य कार्य किए जा सकते हैं बैलून को उपयुक्त वाहन में स्थापित कर आवश्यकतानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर कम समय में सक्रिय किया जा सकता है इसमें लगे उपकरणों को आपातकालीन परिस्थितियों में सौर ऊर्जा के माध्यम से तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है

इसके माध्यम से आपातकालीन परिस्थितियों में संचार व्यवस्था बनाने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यो के समय संचार व्यवस्था आकाशीय निगरानी के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की खोज में भी सुविधा होगी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि एरोस्टेट बैलून के लिए उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां वर्तमान में सूचना व इंटरनेट तकनीक नहीं पहुंच सकी है उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य की भौगोलिक विषमताओं को देखते हुए यह तकनीक काफी मददगार रहेगी उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड आपदा की दृष्टि से संवदेनशील राज्य है और किसी आकस्मिक आपदा की स्थिति में लोगों से सम्पर्क साधने में यह तकनीक उपयोगी रहेगी

गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉ भास्कर और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ए के मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने खरपतवार के प्रभावी नियंत्रण को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जैविक खेती में खरपतवार नियंत्रण मुख्य चर्चा का विषय रहा

उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दो तीन वर्षो में खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तकनीक विकसित कर लिए जाएगी बैठक जारी इस मौके पर पंतनगर के क्लपति डॉक्टर ए के मिश्रा ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में जैविक खेती उत्पादन में खरपतवार नियंत्रण एक चैलेंज है क्योंकि खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है जिसका कुछ न कुछ अवशेष फसल जमीन और वातावरण में रह जाता है और इसका जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है

उन्होंने कहा कि आज उत्पादन और उत्पादकता को मुख्य रूप से खरपतवार प्रभावित कर रहे हैं उपलब्धियां वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि सरकार जल्दी ही नई औद्योगिक नीति की घोषणा करेगी अपने मंत्रालय की चार साल की उपलब्धियों के बारे में आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रभू ने कहा कि नई औद्योगिक नीति पर गहन परामर्श जारी है और नई नीति चौथी औद्योगिक क्रान्ति के लिए भारत को तैयार करेगी

उन्होंने माउंट एवरेस्ट आरोहण के लिए गये दल को पांच लाख रूपये देने की घोषणा भी की कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस दल ने माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण कर एक ऐतिहासिक कार्य किया है

इस गिरोह में शामिल पांच महिलाओं सहित कुल सात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है

साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति से भी अवगत कराया

एक शिक्षिक ने मुख्यमंत्री मोबाइल एप पर कुछ दिन पहले पेयजल आपूर्ति के संबंध में शिकायत दर्ज की थी विद्यालय प्रबंधन ने समस्या का समाधान होने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है